उन्होंने कहा कि पासपोर्ट सम्बधित जानकारी बैंको द्वारा सही समय पर कार्यवाई करने में सहायक सिदव होगी और बैंक सम्बधित प्राधिकरणों को सूचित कर सकेगा ताकि धोखेबाज़ों को देश के बाहर जाने से रोका जा सके मंत्रिमंडल ने भगौड़ा की सम्पति को जब्त करने और उसे बेचने सम्बधी एक बिल को मंजूरी दे दी है ताकि जल्द ही नुकसान की भरपाई की जा सके ये प्रस्तावित कानून सौ करोड़ या इससे अधिक के बकायादारों पर भी लागू होगा जो देश से पलायन कर गए है नीरव मोदी मेहल चौक्सी विजय माल्या और जतिन महता जैसे कई बड़े दोषी देश छोड़कर भाग गए है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के कमज़ोर जिलों की ओर काम करने की जरूरत पर बल दिया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मिशन के तौर पर काम करने की आवश्यक्ता है श्री मोदी ने कहा कि प्रतियोगी और सहयोगी संघवाद की भावना देश के लिए उपयोगी है लोकसभा अध्यक्ष स्मित्रा महाजन ने भी इस मौके पर सम्बोधित करते हुए सांसदों व अन्य विधानसभा सदस्यों से आहवान किया कि वे ये सुनिश्चित करे कि सरकार को कल्याणकारी परियोजनाओं का फायदा पंक्ति के खड़े आखिरी व्यकित तक पहंचे केन्द्रीय इस्पात मंत्री बीरेन्द्र सिंह ने आज सिरसा के कौशल विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्र का श्भारंभ किया और कौशल केन्द्र में स्थापित प्रयोगशालाओं का निरीक्षण भी किया उपस्थित जनों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा िक प्रधानमंत्री कौशल विकास बहुत सराहनीय योजना है

उन्होंने कहा कि शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए तो गांवों के लोगों को अधिक से अधिक रोज़गार मिलेगा और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जल्द ही खेल प्रबंधन में एक डिप्लोमा कोर्स श्रू करेगी जो कि खेल के क्षेत्र को बढ़ावा देगा विश्वविद्यालय खेल उद्योग के साथ एक दोहरी शिक्षा कौशल मॉडल तैयार करेगा जहां प्रशिक्षाओं के दौरान एक मिश्रण और रोजगार प्रशिक्षण के माध्यम से सीखेंगे विश्वविद्यालय के उप क्लपति श्री राज नेहरू ने ग्रुग्राम में भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से खेल उदयोग और खेल प्रबंधन संगठनों की एक बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में यह घोषणा की

इन कार्यालयों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को पहंचाया जाएगा राज्यमंत्री कृष्ण क्मार बेदी आज क्रूक्षेत्र में जिला कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित सिलाई वितरण समारोह मे बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे

राज्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत जिन बेटियों ने सिलाई केंद्रों में प्रशिक्षण ग्रहण किया है उन छात्राओं व महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से बैकों के माध्यम से ऋण जैसी स्विधाएं मुहैया करवाई जाएंगी इस योजना से बेटियां अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगी और अपने परिवार का सहारा बन सकेंगी

उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रत्येक जिले में इस क्षेत्र के लोकप्रिय एक एक खेल के लिए सेंटर आफ एक्सीलेंसी भी स्थापित किए जायेंगे उन्होंने बताया कि खिलाडियों के लिए खेल स्विधा और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक जिले मे खेल स्विधा केन्द्र स्थापित करने की भी योजना है स्वासथ्य मंत्री ने बताया कि खेल विभाग द्वारा बॉकसिंग खेल को बढ़ावा देने के लिए एक करोड़ रूपये की बॉकसिंग प्रतियोगिता करवाने का निर्णय लिया गया है अन्सूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष प्रो राम शंकर कथेरिया ने कहा है कि राज्य व केन्द्र सरकार दवारा चलाई जा रही योजनाओं व उनको दी जा रही सुविधाओं को ठीक प्रकार से संचालित करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम होना जरूरी है उन्होंने बताया कि इसके अलावा छात्रावास स्थापित करने आईएएस व नेट जैसी परीक्षाओं के लिए कोचिंग केन्द्र स्थापित करने जैसी सुविधाओं पर मुख्यमंत्री के साथ उनकी चर्चा हई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतिनिधिमंडल को आशवासन देते हुए कहा है कि अन्सूचित जातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार दवारा निरतंर प्रयास किए जायेंगे

कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह स्रजेवाला ने हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को जन विरोधी बजट करार दिया है श्री सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने हरियाणा के लोगों अपने चौथे बजट से एक बार फिर निराश किया है सरकार ने इस बजट में न जो य्वाओं और न ही किसारों के लिए कोई विशेष घोषणा की न ही पेट्रोल व डीज़ल में पहले बढ़ाए गए वैट को कम किया